मुख्यमंत्री के साथ उद्योगपति आदि गोदरेज दिलीप सांघवी संजीव पुरी विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन मौजूद रहे

इसके बाद लेजर शो के जरिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया इस अवसर पर उद्योगपतियों को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मैग्निफिसेंट एमपी कोई मेला नहीं है ना ही सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए रखा गया एक कार्यक्रम उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सूजित करने का एक मंच है

श्री नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का टाइगर कैपिटल है हमारा मकसद प्रदेश को उद्योगों का हब बनाना है सम्मेलन में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा इससे पहले सभी प्रत्याशी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया आज राणापुर कुन्दनपुर ओर बोरी क्षेत्रो के ग्रामीण इलाके में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं गृह मंत्री बाला बच्चन जीतू पटवारी ओमकार सिंह मरकाम सहित अन्य मंत्री भी विभिन्न स्थानों पर जमसभाओं को संबोधित कर रहे हैं वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भानु भूरिया के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं

कल के अंक में आप बापू के खंडवा प्रवास के संस्मरण सुन सकते हैं

यहां पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल मालिनी अवस्थी सहित विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार अपने लोकनृत्य की प्रस्तुति देंगे गाय मृत्यु जांच ग्वालियर जिले के डबरा के पास समूदन गांव में गायों के मरने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है कलेक्टर अनुराग चौधरी ने घटना की जाँच डबरा के अनुविभागीय अधिकारी राघवेन्द्र पाण्डेय को सौंपी है

आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भी समूदन पहुँचकर घटना की जानकारी ली बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने फसलों के नुकसान करने पर स्थानीय शाला प्रांगण में बने एक कमरे में गायों को बंद कर दिया था

आपकी सरकार जबलपुर में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मझगवां में शिविर का आयोजन किया गया शिविर में एक हजार से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं लेकर पहुंचे

इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया क्रिकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टैस्ट मैच कल से रांची में खेला जाएगा

बस में सवार कुछ छात्र घायल हो गए बाकी बच्चे सुरक्षित है